उन्होंने कहा कि अगर इस बीमारी का प्रसार नही रुका तो यह राज्य सरकार की विफलता होगी श्री खांड्र ने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव मामला सामने आता है तो दहशत और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त जागरुकता फैलानी चाहिए

राज्य की अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हए श्री खांड् ने कहा कि कृषि और बागवानी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी

आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों जैसे होटल व्यवसायी होम स्टे आदि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विभाग ने राज्य सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विभाग आला पर्यटन पर ध्यान केद्रित करेगा श्रीमती देवरी ने कहा कि आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन उनमें से एक है उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन विभाग इस आला पर्यटन के विपणन और प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा पर्यटन सचिव ने कहा कि सामाजिक द्ररी के लिए एस ओ पी को ध्यान में रखते हए ट्रेकिंग बर्डिंग एंगलिंग नेचर ट्रेल्स राफ्तिंग जैसे गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसमें सम्दाय के साथ कम संपर्क हो उन्होंने कहा कि परिचित पर्यटन को भी महत्व दिया जाएगा इसके प्रचार के लिए विभाग यात्रा लेखको ब्लॉगर्स और मीडिया को आमंत्रित करेगा

इस स्थिति को देखते हए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समय समय पर आवश्यक जोड़ और विलोपन के साथ मानक संचालन प्रोटोकॉल एस ओ पी को तैयार करता है

स्विधा केंद्र से छ्ट्टी करने से पहले परीक्षण की आवश्यकता नही होगी छ्ट्टी के समय रोगी को दिशा निर्देशो के अन्सार सात दिनों के लिए घर में आइसोलेशन का पालन करने की सलाह दी जाएगी निदेशालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक सावधानी बरतते हुए विभाग आर टी पी सी आर द्वारा सभी लौटे लोगो का परीक्षण कर रहा है जिसमें स्पर्शोन्म्ख भी शामिल है क्वारंटीन स्विधा केंद्र में रह रहे लोगो का तीन दिन के प्रवास के बाद नमूना एकत्र किया जाता है और जिन लोगो का परीक्षण निगेटीव होता है उन्हें चौदह दिन के लिए सख्त होम क्वारंटीन पर रहने के लिए अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के बाद छोड़ दिया जाता है जिसका ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेड और कानूनी अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है होम क्वारंटीन के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए पर संबंधित व्यक्ति और स्थानीय अभिभावक को स्पष्ट रुप से समझाया जाता है